सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कोरोना संकमण पर नियंत्रण के लिये लॉकडाउन अंतिम उपाय

प्रधानमंत्री संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को संकल्प साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर को पार करना होगा उन्होंने राज्यों से कहा कि वे केवल अंतिम उपाय के रूप में लॉकडाउन पर विचार करें कोविड स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ देशवासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे आक्सीजन की बढती मांग पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों में नए ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे और जल्द ही एक लाख नए ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां हैं वहीं पर रहें उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को राज्यों के आश्वासन से मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों को बताना होगा कि उन्हें अगले कुछ दिनों में टीका लगाया जाएगा और उनकी नौकरी बनी रहेगी प्रधानमंत्री ने लोगों के दर्द को भी साझा किया और उन परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जिन्होंने कोविड के कारण अपने प्रियजनों को खोया है रमजान और राम नवमी का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कोविड से सभी को बचाने के लिए सबको सही अनुशासन का पालन करना चाहिए

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोरोना पर कोर ग्रुप की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हर शहर गली मोहल्ले और गाँव में जनता कर्फ्यू का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मेरा गाँव कोरोना मुक्त गाँव मेरा मोहल्ला कोरोना मुक्त मोहल्ला मेरी गली कोरोना मुक्त गली का संकल्प लें और इसका पालन करें श्री चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की जिलों की पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कलेक्टरों की रैंकिंग की जाएगी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के बारे में सरकार ने कल नए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं

इस दिशा में श्री श्री रविशंकर ने राज्य सरकार को सहयोग का आश्वासन दिया है आर्ट ऑफ लिविंग की टीम योग आयुर्वेद और मरीजों की मनोस्थिति को कमजोर तथा नकारात्मक होने से बचाने और उनका मनोबल बनाए रखने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने में सहयोग प्रदान करेगी

सतना में प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल और सांसद गणेश सिंह ने अस्पतालों का निरीक्षण किया भिंड में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने जिले में बनाए गए कोविड केयर सेंटर्स का जायजा लिया

इस कदम से दवा की आपूर्ति बढ़ेगी कीमत घटेगी और मरीजों को फायदा होगा वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि रेमडेसेविर की मुख्य सामग्रियों इंजेक्शन और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष तत्वों पर आयात शुल्क हटा दिया गया है

रामनवमी रामनवमी आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है यह पर्व भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रामनवमी के अवसर पर बधाई दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं उधर उज्जैन में रामनवमी पर निकलने वाले शोभायात्रा और सामूहिक जवारे विसर्जन के कार्यक्रम निरस्त रहेंगे

स्वास्थ्य गरीब कल्याण केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ने कोविड महामारी के दौरान अपनी जान गंवा चुके कोरोना योद्दाओं के आश्रितों को पूरी सुरक्षा प्रदान की है आई पी एल क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में दिन में साढ़े तीन बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा एक अन्य मैच में आज ही मुंबई में कोलकाता नाइटराइडर्स और चेन्नई सुपरकिंग्स आमने सामने होंगे यह मैच शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा कल रात चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियन्स को छह विकेट से हरा दिया

परीक्षा की नवीन तिथि पृथक से घोषित की जाएगी

वहीँ विधायक विजय चौरे ने कोरोना वार्ड में पीपीई किट पहनकर मरीजों का हाल जाना